अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस निर्माण के लिए बजट पहले ही मंजूर किया जा चुका है उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण और कैंपस निर्माण की डीपीआर की भी विस्तृत जानकारी ली सांसद किशन कपूर ने इस मौके पर कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की नियमित तौर पर समीक्षा की जाए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग प्रदेश के पर्यटन को नई उंचाईयों तक ले जाएगी राज्यपाल आज कुल्लू व लाहौल स्पिति जिला के दो दिवसीय प्रवास के आज दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि ये सुरंग बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमना है और सीमा सडक संगठन के अधिकारियों तथा इंजीनियरों ने इसे तैयार कर उल्लेखनीय उपलब्धि तैयार की है राज्यपाल ने इस दौरान केलांग में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की तथा यहां के वातावरण को बहृत ही शांत और आनंददायक बताया उन्होंने लाहौल स्पिति की समृद्ध संस्कृति व प्राचीन धरोहर को संजोय रखने पर बल दिया

इसी उददेश्य के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हैल्पलाईन भी आरंभ की गई है जिसके तहत एक लाख से अधिक शिकायतों का हल किया जा चुका है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सोलन मण्डी और पालमपुर नगर परिषदों को नगर निगम में स्तरोन्नत किया है पठानिया वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जाईका परियोजना प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि ये परियोजना स्थानीय समुदायों अनुंसधान आधारित संगठनों और अन्य सरकारी विभागों के बीच महत्वपूर्ण भागीदारी को सकिय करने तथा इस परियोजना के तहत की जा रही गतिविधियों में रूचि बनाए रखने में सक्षम रही है पठानिया आज शिमला में जाईका परियोजना की तीसरे त्रैमासिक न्यूज लैटर के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे इस न्यूज लैटर के माध्यम से परियोजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी साझा की जाती है प्रचार अभियान सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए चलाया गया मोबाईल वैन अभियान आज समाप्त हो गया कोरोना से बचाव के लिए उचित व्यवहार अपनाने को लिए ये अभियान छः नवम्बर को शुरू हुआ था

इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उचित व्यवहार अपनाने के संदेश दिए गए जिनमें मास्क पहनना साबुन से बार बार हाथ धोना और दो गज की दूरी अपनाने जैसे संदेश शामिल थे क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान लोगो में कोरोना बचाव संबंधी पंपलेट भी बांटे गए